रविवार शाम तक राज्य च्नाव आयोग तक पहँचे ग्रामीण चुनाव परिणामों पर ताजा जानकारी देते हुए आयोग के सचिव न्याली एटे ने संवाददाताओ को बताया कि दो सौ बयालीस जिला परिषद सीटों में से अब तक दो सौ अट्ठाइस के परिणाम प्राप्त हुए है जिनमें से भाजपा ने एक सौ उन्यासी सीटें जीती वही निर्दलीय ने बीस कांग्रेस और जनता दलयूनाइटेड ने दस दस नेशनल पीपुल्स पार्टी ने छह और पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने तीन सीटे जीती है कुल आठ हजार दो सौ पंद्रह ग्राम पंचायत सीटों में से सात हजार सात सौ सत्रह निर्वाचन क्षेत्रो के परिणाम घोषित किए गए है जिसमें भाजपा ने छह हजार बासठ सीटों का बड़ा हिस्सा हासिल किया है वही निर्दलीय ने आठ सौ बानवे कांग्रेस ने तीन सौ अठ्ठासी एन पी पी ने एक सौ निन्यानवे जनता दल यूनाइटेड ने एक सौ अड़तालीस और पी पी ए ने अठ्राइस सीटों पर जीत हासिल की है चुनाव आयोग ने कहा कि विजेता उम्मीदवारों में वे भी शामिल है जो निर्विरोध जीते थे चार जिलों तिरप लोंगडिंग लोअर दिबांग वैली और अपर सुबनसिरी जिलों से अंतिम परिणाम अभी भी प्रतीक्षित थे एक सौ दस ग्राम पंचायत सीटों के लंबित चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जनवरी के मध्य में सत्तर सीटों पर चुनाव होने की संभावना है और शेष चालीस सीटों और चांगलांग जिले के अंदर विजयनगर में एक जिला परिषद सीट के लिए राज्य सरकार अंतिम रुप लेगी

यह मामला ईटानगर राजधानी क्षेत्र और वेस्ट कामेंग जिला से दर्ज किया गया है इसबीच रविवार को राज्यभर से छब्बीस मरीज स्वस्थ हुए है जिससे स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा बढ़कर सौलह हजार पांच सौ तीन हो गई है राज्य में स्वस्थ दर अट्ठानवे दशमलव आठ आठ प्रतिशत हो गई है वही सक्रिय मामला एक सौ तीस रह गई है और अब तक संक्रमण से छप्पन लोंगो की मौत हो गई है

पहले चरण में चार राज्यों आंध्र प्रदेश ग्जरात पंजाब और असम में दो दिन का अभयास आज से शुरू हो गया इस अभयास का उद्देशय चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधारहित बनाया जा सके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दो दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अन्भव उपलब्ध होगा इससे कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया की जांच करने तथा संबंधित च्नौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी इससे प्रक्रिया में आवश्यक स्धार सहित वास्तविक कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी सवास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दृष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा इस दौरान ब्लॉक और जिला स्तरों पर निगरानी तथा समीक्षा पर भी ध्यान दिया जायेगा अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और स्झाव राज्यों और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराये जायेंगे नई दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज ग्प्ता ने इस अभ्यास के बारे में जानकारी देते हए लोगों से आग्रह किया कि वैक्सीन आने के बाद भी संक्रमण को हल्के में न लें और स्रक्षित तथा स्वस्थ रहने के लिए सभी सावधानियां बरतें

बैठक की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त ईस्ट पी एस लोखंडे ने की श्री मेन ने जिले में पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हए वनस्पति उद्यान ट्रेकिंग साइट और अन्य मनोरंजक इकाइयों की स्थापना के लिए संभावनाओ पर जोर दिया

मंत्रालय ने रविवार को इस संबंध में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए